ऐसे में मन और मस्तिष्क का संतुलन और सकारात्मक सोच ही सही रास्ता दिखा सकते है

नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित कार्यकम में श्री मोदी ने कहा कि इस कार्यकम के जरिये वे युवा मन की सोच को जान पाते है कार्यकम की शुरूआत में सबसे पहला सवाल राजस्थान के स्वामी विवेकानन्द मॉडल स्कूल की छात्रा यश श्री ने पूछा जवाब में प्रधानमंत्री ने कहा कि बाहरी परिस्थितियां मूड ऑफ के लिए जिम्मेदार होती है बच्चों को अपनी निगाह घड़ी की सुईयों पर नहीं बल्कि अपने लक्ष्य पर रखनी होगी श्री मोदी ने कहा कि विफलताओं में सफलता की उम्मीद लक्ष्य के पास ले आती है टेक्नोलॉजी से जूडे सवाल के जवाब में श्री मोदी ने कहा कि तकनीक को दोस्त मानकर उसे पहले से ही समझने का प्रयास करे और उसे अपनी इच्छानुसार इस्तेमाल करें प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम में विद्यार्थियों के अभिभावकों और शिक्षकों से भी बातचीत की गौरतलब है कि प्रधानमंत्री का परीक्षा पे चर्चा कार्यकम का ये तीसरा संस्करण था

उन्होंने एक ट्वीट के जरिए कार्यक्रम के लिए लोगों से सुझाव भेजने को कहा है

श्री गहलोंत ने ट्वीट कर कहा कि मृतकों के परिजनों को मेरी संवेदनाए श्री गहलोत ने घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की भी कामना की गौरतलब है कि कल देर रात चूरू जिले के सालासर में न्यामा गांव के पास ट्रोले और कार की टक्कर में कार मे सवार सात लोगों की मौत हो गई और एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया ये सभी लोग रोलसाहबसर से सुजानगढ की ओर जा रहे थे मृतक सीकर जिले के फतेहपुर और रोलसाहबसर गांव के निवासी थे गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को जयपुर रैफर किया गया है

वहीं तीसरे चरण के लिए आज नामोंकन पत्र प्रस्तुत किये जा रहे है नामांकन पत्रों की जांच कल होगी उम्मीदवार कल दोपहर तीन बजे तक नाम वापिस ले सकेंगे

बाडमेर जिले में कल कवास और छीतर का पार सहित कई गांवो में बारिश हुई जिससे सर्दी का असर बढ गया भरतपुर भी आज कोहरे की चादर से लिपटा रहा सुबह की रेलगाड़ियां कोहरे के कारण देर से संचालित हुई